सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ चौबीस

इक्कीस लाख उनहत्तर हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले ही धीमा किया हो लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आयेगा श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सौ पच्चीसवें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किये आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं वहीं द्रसरी तरफ इकॉनोमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो द्रसरी तरफ देशकी अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है स्पीडअप करना है इस सिव्रुएशेन में आप ने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप समी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बेक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा यस यस वी विल डेफिनेटली गेट आवर ग्रोथ बैक लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर च्का है और आर्थिक गतिविधियों के बहत बड़े हिस्से को खोल दिया गया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चौहत्तर करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्रीराशन पहुंचाया जा रहा है

महिलाएं हों दिव्यांग हो बुजुर्गहो श्रमिकहो हर किसी को इससे लाभ मिला है श्री मोदी ने कहा कि आठ करोड़ रसोई गैस सिलेन्डर बांटे गये और पचास लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का चौबीस प्रतिशत अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उपाय किये हैं उनकी कई दशकों से प्रतीक्षा थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाईयां बिना किसी बाधा के विकास करती रहें इसके लिए सरकार ने इन इकाइयों की परिभाषा में चिर प्रतीक्षित बदलाव किये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता शक्ति और योग्यता है प्रधानमंत्री ने देश में मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन कायम करने का आग्रह करते हुए विश्व की सप्लाई चेन में भारत का हिस्सा बढ़ाये जाने का भी आग्रह किया

देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने की दर अड़तालीस दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि अब तक पन्चानबे हजार पांच सौ सत्ताईस रोगी ठीक हो गए हैं पिछले चौबीस घटों में देश में तीन हजार सात सौ आठ लोग बीमारी से ठीक हुए कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पन्द्रह अप्रैल को देश में रिकवरी दर करीब ग्यारह दशमलव चार दो प्रतिशत थी जो आज अड़तालीस प्रतिशत से अधिक हो गई है अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत में कोविड नाइन्टीन रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह संख्या कम है और मृत्यु भी कम हो रही हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल एक सौ छियालीस लोग स्वस्थ हुए जिसके बाद राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या पांच हजार एक सौ छिहत्तर हो गई है तीन सौ उनहत्तर रोगियों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आठ हजार सात सौ उन्तीस पहुंच गई है प्रदेश में कल सात लोगों की बीमारी से मृत्यु भी हुई अब तक दो सौ उन्तीस लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ चौबीस है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक बयालीस मरीज गौतमबुद्ध नगर जिले में मिले यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ तीस हो गई है अमेठी जिले में तेईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ बयालीस पहुंच गई है गाजियाबाद में सत्रह मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है बस्ती जिले में अट्ठारह लोगों में संक्रमण पाया गया जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ तिरसठ पहुंच गई है इसके अलावा कानपुर नगर में सोलह नए मामले मिले हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भूखा न रहे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक हजार रूपए बीमार होने पर उपचार के लिए दो हजार रूपए और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को पांच हजार रूपये देने की व्यवस्था की है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस निरन्तर पेट्रोलिंग करके यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो श्री योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का प्रबन्ध किया है अब तक एक हजार छः सौ साठ रेलगाड़ियों से बाईस लाख छप्पन हजार से ज्यादा कामगारों को प्रदेश लाने की व्यवस्था की गई है अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश क्मार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक एक हजार छः सौ चार ट्रेन पहुंच चुकी है जिनसे इक्कीस लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोगों को लाया गया है उन्होंने बताया कि छप्पन और रेलगाड़ियों को सहमति दे दी गई है सबसे अधिक दो सौ सत्तर ट्रेन गोरखपुर आई हैं जिनसे तीन लाख सैंतालीस हजार से ज्यादा कामगार प्रदेश पहुंचे हैं जौनपुर में एक सौ उन्तालीस वाराणसी में एक सौ उन्नीस लखनऊ में एक सौ तेरह देवरिया में एक सौ तीन बस्ती में सत्तासी प्रतापगढ़ में पचहत्तर गोण्डा में इकहत्तर प्रयागराज में चौंसठ और मऊ में अड़तालीस श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां अब तक पहंच चुकी हैं प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था बदन दुखता था तो हम रोते हुए मां के पास जाते थे और उन्हें हम अपनी तकलीफ बताते थे मां कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उससे आराम देती थी हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कुदने लग जाते थे आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है राहत पाना है इलाज कराना है खेलना कूदना है जीतना है इसी में सबकी भलाई है देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होती परिवार तो आपका भला ही चाहता है न तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं कोरोना से हमें लड़ना है डरना नहीं है केन्द्र सरकार ने एक समाचार पत्र की इस खबर का खंडन किया है कि पचास से साठ दिन तक लगातार सेनिटाइजर के प्रयोग से हानिकारक त्वचा रोग और कैंसर हो सकता है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीटर पर स्पष्ट किया है कि हैंड सैनिटाइजर से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है यह भी कहा है कि कोविड नाइन्टीन से सुरक्षा के लिए सत्तर प्रतिशत एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर की सलाह दी जाती है